दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंदौर की महापौर मालिनी गौड नेता प्रतिपक्ष फौजिया अलीम और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह को यह प्रस्कार सौपा समारोह में इंदौर को फाइव स्टार रेटिंग और बोहरा समाज के धर्मग्रु सैयदना साहब की वाअज के लिए इनोवेटिव श्रेणी में पुरस्कृत किया गया सबसे स्वच्छ राजधानियों में भोपाल पहले स्थान पर है

कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने उन सभी की सराहना की जो देश में स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि साफ सफाई को लेकर लोगों के नजरिये में बदलाव लाने की जरूरत है

देश के साढ़े छह सौ जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूरे देश के पांच हजार जन औषधि केन्द्रों को सम्बोधित करेंगे श्री मांडविया ने बताया कि ये केन्द्र किफायती दर पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं

उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्रों से प्रतिदिन दस से पन्द्रह लाख लोगों को फायदा हो रहा है

प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सोल शांति प्रस्कांर में मिले एक करोड़ रूपये भी नमामि गंगे परियोजना को दान किए थे

कल इसी दौरान एक छात्र को नकल में सहयोग करने के आरोप में एक केंद्राध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया

जिला शिक्षा अधिकारी ने यहां के केन्द्राध्यक्ष को नोटिस जारी किया है परिवहन कार्यवाही मुरैना जिले में नियम विरुद्ध चल रहीं पांच निजी बसों को परिवहन विभाग ने जब्त किया है अम्बाह मुरैना मार्ग पर कल जिला परिवहन अधिकारी के निर्देश पर हई चेकिंग के दौरान तीन बसें जब्त की गईं हैं जिन पर करीब पांच लाख रुपये का कर बकाया था वहीं एक बस बिना परमिट के संचालित थी बताया जा रहा है कि इन बसों से परिवहन विभाग टैक्स के साथ साथ जुर्माना भी वसूलेगा तभी ये पुनः संचालित हो सकेंगी लोकार्पण कल्याण मंत्री सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया ने आज सतना जिला अस्पताल परिसर में सेवा संकल्प संस्था द्वारा नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरो की सेवा से बड़ा कोई और पुण्य नहीं है इस मौके पर क्षेत्रिय सांसद गणेश सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प संस्थान ने सेवा भाव के मामले में अपना अलग स्थान बनाया है

इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क मत्री पीसी शर्मा विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए

सतना जिले के चित्रकूट में आज अमावस्या मेला पर बड़ी संख्या में श्रद्वालू मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं